प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पचास हजार सात सौ चालीस लाभार्थियों को निःशुल्क आवास की चाभिया वितरित की गई

इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गो के कल्याण के लिए प्रयासरत है कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने सूबे के उपेक्षित और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आवास की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र का अन्पालन करते हुए समाज के सभी वर्गो के हितों के लिए प्रतिबद्ध है बाइट हम लोग जातिवाद मज़हब देखकर के चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं विकास सबका लेकिन तृष्टिकरण किसी का नहीं इस लक्ष्य को लेकर जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है उस कार्यक्रम का हिस्सा आज यह कार्यक्रम है आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात की है यह मकान के माध्यम से आवास के माध्यम से शौचालय के माध्यम से विद्यूत के कनेक्शन के माध्यम से उज्जवला योजना में रसोई गैस कनेक्शन के माध्यम से आयूष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से ये सभी योजनाएं इसके प्रमाण हैं ये आवास कुष्ठ रोगियों के साथ ही उन लोगों को दिये गये है जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित रहे और कच्चे और पूराने मकानों में रहते आ रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लोगो और टोल फी नम्बर भी जारी किया गया कार्यकम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने लगभग तीन हजार सात सौ मकान कुष्ठ रोगियों को दिये जाने के लिए सरकार की सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसानों का हित और सम्मान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता के रूप म अपनी खास पहचान रखने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की एक सौ सत्रहवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किसान सम्मान दिवस कार्यकम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उनक आर्थिक उन्नयन के लिये केन्द्र और राज्य सरकार ने अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की हैं श्री योगी ने कहा कि सरकार समय समय पर किसानों के लिए गोष्ठियों और किसान मेलों का आयोजन भी करती रहती है ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारियां मिल सकें उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने हमेशा किसानों के हितों की अनदेखी की है और उन्हें मात्र वोट बैंक ही माना है इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानभवन प्रांगण में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इसके अलावा किसानों को सम्मान के रूप में किसान कृषि कलेण्डर भी पेश किया

किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि चौधरी साहब की आर्थिक नीतियां और उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासांगिक है उधर हापुड़ ज़िले में स्वर्गीय चरण सिंह की जयंती उनके पैतृक गांव नूरपुर की मढैया में भी किसान सम्मान दिवस के रूप में मनायी गयी

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्थानीय सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि चौधरी साहब ने जमीदारी उन्मूलन द्वारा किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभायी थी किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मेरठ अमरोहा और पीलीभीत सहित कई जगहों पर गोष्ठियों का आयोजन कर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह क देश के प्रति योगदान को याद किया गया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

उन्होंने कहा कि फिल्में संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है और सिनेमा जगत को फिल्मों में सामाजिक विषयों को महत्व देना चाहिए उप राष्ट्रपति ने सिनेमा उद्योग को सलाह दी कि वह अश्लीलता को दिखाने से परहेज करे ताकि लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देख सकें इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय सिनेमा को आज पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश की कला और संस्कृति उसकी सबसे बड़ी ताक़त है समारोह में आयुष्मान खुराना को अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया जबकि गुजराती फ़िल्म हेलरो को सर्वोत्कृष्ट फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फ़िल्म का पुरस्कार अंधाधुन का दिया गया जबकि देर से गर्भधारण विषय पर बनी फ़िल्म बधाई हो को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फ़िल्म का पुरस्कार मिला है वहीं सामाजिक विषय पर बनी फ़िल्म पैड मैन को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया है सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने इस अधिनियम के बारे में किये जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की अपील की है सरकार न फिर दोहराया है कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए एक सक्षम कानून है यह मानवीय आधार पर बनाया गया है क्योंकि ये अल्पसंख्यक अपने मज़हब के आधार पर उत्पीड़न के कारण इन तीन देशों से भाग कर आये हैं यह अधिनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है यह एक मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों को अभी एकत्र करने की जरूरत है अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है जब भी घोषणा की जायेगी नियम और दिशा निर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना न करना पडे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर केन्द्रित मिशन प्रेरणा के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद इस बारे में अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के बच्चों को अच्छी बेसिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए कटिबद्व है उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब सिफ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास और अच्छा नागरिक बनाना भी है उन्होंने कहा कि ब्रनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रेरक कहानियों और महापुरूषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को शामिल किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए अध्यापकों को लगातार प्रशिक्षण दिये जाने और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षकों की तैनाती संबंधी विसंगतियों को ठीक करने पर विशेष बल दिया मिशन प्रेरणा के तहत राज्य के सभी जनपदों में एक लाख से अधिक विद्यालय साढ़े तीन लाख से ज़्यादा शिक्षक और लगभग सवा करोड़ विद्यार्थी आच्छादित किये जायेंगे यह मिशन मुख्यमंत्री की विशेष देखरेख में लागू होगा इसके परिणाम अगले ढ़ाई वर्षो में परिलक्षित होंगे

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में इस आयोजन के सिलसिले में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह इन्वेस्टर्स समिट और प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था उसी तर्ज़ पर डिफेंस एक्सपो भी भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा